अस्थि विसर्जन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां हरिद्वार में गंगा नदी में आज विसर्जित कर दी गई हैं हर की पौड़ी पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन की रस्म में श्री वाजपेयी के परिजनों के अलावा अन्य नेता भी उपस्थित थे अस्थि कलश यात्रा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह सहित कई अन्य नेता शामिल हुए हर की पौड़ी पर विद्वानों और ब्राह्मणों ने सनातनी परम्पराओं के अनुरूप मंत्रोच्वारण के बीच अस्थियों का विसर्जन कराया

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज शिमला में एक बैठक में बताया कि यह शोक सभा सर्वदलीय होगी और सभी राजनीतिक दलों के अलावा धार्मिक व सामाजिक संगठन इसमें माग लेंगे उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियां प्रदेश की प्रमुख नदियों में भी विसर्जित की जाएंगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त के अलावा पार्टी के अन्य नेता व पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे

शिमला में कल उन्होंने कहा कि केरल में बाढ़ के कारण परिस्थितियां काफी नाजुक बनी हुई हैं मगर मुसीबत की इस घड़ी में पूरा देश केरल के लोगों के साथ खड़ा है मुख्यमंत्री ने जल्द हालात सामान्य होने की उम्मीद जताते हुए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से भी मदद की अपील की है इस बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि उनका मंत्रालय केरल में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और पीड़ितों को राहत सहायता उपलब्ध करवाने में मदद की जा रही है उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने को त्वरित कार्रवाई चिकित्सा बल भी भेजे जा रहे हैं स्वावलम्बन योजना प्रदेश के शिक्षित युवाओं को रोज़गार के अवसर दिलाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना शुरू की है इस महत्वाकांक्षी योजना में युवाओं के लिए स्वरोज़गार के काफी अवसर मौजूद हैं

उन्होंने उम्मीद जताई कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की स्थिति से निपटने के साथ साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा ध्मल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर ज़िले के सुजानपुर में आज वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को पेयजल समस्या वाले क्षेत्रों में पानी की जल्द आपूर्ति सुनिश्चित बनाने को कहा धूमल ने राज्य सरकार से भी प्रभावितों को जल्द मुआवज़ा और राहत राशि प्रदान करने का आग्रह किया है श्रावण अष्टमी बिलासपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैनादेवी में श्रावण अष्टमी मेले का नौवां नवरात्रा आज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ

उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न राज्यों की लंगर समितियों ने स्वच्छ और ग्णवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाकर श्रद्धा की उत्कृष्ट भावना का परिचय दिया है

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है

किशन कपूर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला के भागसूनाग मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्यों की प्रगति का आज जायजा लिया उन्होंने ठेकेदार को कार्यो में तेजी लाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए किशन कपूर ने कहा कि विकास परियोजनाओं पर लोगों की मेहनत की कमाई खर्च होती है और ऐसे में किसी भी कीमत पर धन के द्ररूपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

उन्होंने एशियाई विकास बैंक के पदाधिकारियों को कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए कांग्रे स प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक ठाकुर सुखविन्दर सिंह ने नशे की बढ़ती प्रवृति पर समय रहते रोक लगाने पर बल दिया है एक बयान में उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम को सख्त कानून बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार पर दबाव बनाएगी

उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे उन्होंने कहा कि लोग अपनी समस्याओं को स्थानीय पंचायत सचिव के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल करने के लिए दे सकते हैं उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को ई समाधान पोर्टल पर भी अपलोड किया जाता है ताकि उनके स्टेटस की मॉनीटरिंग की जा सके पौरी मेला लाहौल स्पीति के त्रिलोकनाथ धाम में पौरी मेला पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने भगवान त्रिलोकनाथ की छड़ी यात्रा में भाग लिया और पूजा अर्चना की केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार राष्ट्रीय शोक के चलते मेले में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए मौसम प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर कड़े तेवर दिखा सकता है

नुकसान जायजा इस बीच कुल्लू ज़िले में मणिकर्ण घाटी के कटागला और छलाल गांवों में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का उपायुक्त यूनुस ने आज दौरा किया

उपायुक्त ने बताया कि प्रभावित परिवारों को मकानों के पुनर्निमाण के लिए वन विभाग प्राथमिकता के आधार पर टीडी का प्रावधान करेगा उन्होंने कहा कि कटागला में कल तक विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी और पेयजल आपूर्ति शुरू करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं फुटबॉल सोलन के ठोडो मैदान में अप्रवासी श्रमिकों के लिए इन दिनों फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है

झारखण्ड फूटबॉल क्लब सोलन के अध्यक्ष नेहरू लोहरा ने बताया कि अप्रवासी मजदूरो के लिए हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से अप्रवासी लोगों का मनोरंजन करना प्रतियोगिता का उद्देश्य है

इसके अलावा थांगटा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चम्बा निवासी मुवनेश कटोच बैस्ट रैफरी चुने गए इन खिलाड़ियों का चयन अब थाईलैंड में नवम्बर माह में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है लापता शिमला ज़िले में रामपुर तहसील के किंगल में सतलुज नदी में बहे दो युवकों का आज दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है नदी के उफान पर होने के कारण तलाशी अभियान में परेशानी हो रही है पुलिस अधीक्षक उमापति जमवाल ने बताया कि तलाशी अभियान में पुलिस के जवान और गोताखोर जुटे हुए हैं